मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी गई हैं उन्हें तय समय में पूरा किया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कोविड के विरूद्व लड़ाई में सहयोग का आहवान किया है

उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर की गई तैयारियों की जानकारी भी ली राज्यपाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को जिला प्रशासन को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि टीकाकरण और मास्क के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और कोविड बचाओ से संबंधित अन्य जानकारी साझा करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निमा सकते हैं राज्यपाल ने ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली को और सुदढ बनाने की भी बात कही उन्होंने कोविड के कारण बढ़ रहे तनाव के मामलों से निपटने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर परामर्श सुविधा बढ़ाने का भी सुझाव दिया

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थाना कलां बंगाणा डोहगी धुंदला और लठयाणी में कोरोना संक्रमित परिवारों को फल व सब्जियां वितरित की उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित का पूरा परिवार होमआईसोलेशन में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता ऐसे में उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुओं को लाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों की मदद के लिए सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत कार्य किया जा रहा है वीरेन्द्र कंवर लगातार अस्पताल में इलाज करा रहे कोरोना सकमितों से भी अस्पताल में मिल रही सुविघाओं की फीडबैक ले रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा अपने स्तर पर भी कोरोना प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं के समीप पट्टा में गेंह के फसल खरीद केंद्र का शुभारम्म किया

राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को फसलों का उथित मुल्य दिलाने को लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इन खरीद केंद्रों के खुलने से किसानों को फसलों के उचित दाम मिलेंगे और वे बिचौलियों से भी बचेंगे सरवीण चौघरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इसके अलावा उनके परिजनों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना है सरवीण चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने सरवीण चौंघरी और उनके परिवारजनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है

बीआरओ के कमांडर कर्नल उमा शंकर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया